केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डाक्टर हर्षवर्धन ने आज नई दिल्ली में अधिकारियों के साथ बैठक में नोवेल कोरोना वायरस से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की अधिकारियों ने बताया कि केंद्रीय स्तर पर संबंधित मंत्रालयों के साथ समन्वय बनाकर सभी आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं डाक्टर हर्षवर्धन ने सभी राज्यों से उच्च स्तर पर निगरानी बनाए रखने की अपील की है बैठक में मौजूद केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन ने बताया कि अब तक देश में तीन लाख संतानवे हजार से अधिक यात्रियों की जांच की जा चुकी है कोरोना वायरस से निपटने की तैयारियों का जायजा लेने बिहार पहुंचे दो सदस्यों के केन्द्रीय दल ने आज भारत नेपाल सीमा पर रक्सौल का दौरा किया चिकित्सकों के दल ने भारत नेपाल सीमा पर मैत्री पुल के पास इमिग्रेशन विभाग के कर्मचारियों से चीन से आने वाले पर्यटकों के बारे में जानकारी ली अब हमारी श्रृंखला हर काम देश के नाम की ओर सर्वजन हिताय और अंत्योदय के प्रति सरकार की नीतियों के क्रम में ग्राम शहरीकरण मिशन पर डालते हैं एक नजर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन यानी ग्राम शहरीकरण अभियान आज चार वर्ष पूरे कर रहा है इक्कीस फरवरी दो हजार सोलह को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस मिशन का शुभारंभ करते हुए कहा था कि यह अभियान देश के गांवों को स्मार्ट गांव बनाने के उद्देश्य से शुरू किया जा रहा है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 इस अभियान का उद्देश्य राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों में ऐसे ग्राम समूहों को विकसित करना है जिनसे समूचे क्षेत्र में चंहुमुखी विकास का रास्ता खुलेगा नीति आयोग ने कहा है कि अगले तीन वर्षो में रर्बन मिशन के तहत एक हजार क्लस्टर विकसित किये जायेंगे

इसके तहत ग्रामीण कलस्ट्रों की पहचान कर वहां मूलभूत सुविधाओं के विकास के साथ साथ आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है इनमें चिनहित ग्रामीण कलस्ट्रों में चौबीस घंटे पानी ठोस और तरल अवशिष्ठ प्रबंधन की सुविधा हरित प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से स्ट्रीट लाईट और बेहतर सार्वजनिक परिवहन के साथ साथ पर्यटन और लघु उद्द्यमों को बढ़ावा देना है

दिवाकर आकाशवाणी समाचार दिल्ली इधर ग्रामीण विकास सचिव राजेश भूषण ने आकाशवाणी से खास बातचीत में कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल ररबन मिशन के तहत करीब तीन सौ ग्रामीण क्लस्टर विकसित किए जा रहे हैं

ग्रामीण क्षेत्रों को आर्थिक सामाजिक और वास्तविक रूप से सुदृढ़ क्षेत्र बनाने के लिए उनके इन्फ्रास्ट्रक्चर में विकास करने के लिए और वहां आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सितंबर दो हजार पन्द्रह में पहले यह संकल्पना की गई थी और उसके बाद दो हजार सोलह में फरवरी में औपचारिक रूप से श्यामा प्रसाद मुखर्जी ररबन मिशन प्रारंभ किया गया

श्री पासवान आज पटना स्थित पार्टी के प्रदेश कार्यालय से एक कार्यक्रम की शुरूआत के अवसर पर संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे उन्होंने कहा कि दिल्ली विधानसभा चूनाव में आये परिणाम से सीख लेने की जरूरत है

वे आज सवेरे हैदराबाद में मंत्रालय की दक्षिण क्षेत्र की मीडिया इकाईयों के अधिकारियों के दो दिन के सम्मेलन को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये संबोधित कर रहे थे इससे पहले सूचना प्रसारण सचिव रवि मित्तल ने बदलते समय में विषयवार संचार की आवश्यकता पर जोर दिया इस अवसर पर आकाशवाणी और प्रकाशन विभाग की प्रधान महानिदेशक ईरा जोशी ने प्रभावी प्रचार अभियानों के लिए सहयोगपूर्वक कार्य करने को कहा महाशिवरात्रि का त्योहार आज पारम्परिक श्रद्धा और भक्तिमय माहौल में मनाया जा रहा है बाईट महाशिवरात्रि पर भगवान शिव के जलाभिषेक के लिये शिवालयों और मंदिरों में सुबह से ही श्रद्वालुओं का तांता लगा हुआ है कई स्थानों पर शिव पार्वती विवाह समारोह का भी आयोजन किया जा रहा है शिव बारातों में अलग अलग वेशभूषा में श्रद्धालु शामिल हो रहे हैं शिवालयों और मंदिरों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ मंदिर सोनपुर के हरिहरनाथ सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ दरभंगा के कुशेश्वर स्थान रोहतास के गुप्ताधाम और मधेपुरा के सिंहेश्वर स्थान मंदिरों में इस अवसर पर विशेष पूजा अर्चना की जा रही है भगवान शिव की स्तुति गान से पूरा माहौल गुंजायमाान हो रहा है आाकाशवाणी समाचार के लिए पटना से अभिषेक दास महाशिवरात्रि के अवसर पर राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं नेपाल में भी महाशिवरात्रि का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है हमारे संवाददाता ने बताया कि विश्व प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं का सुबह से ही तांता लगा हुआ है

ओम नमः शिवाय के उद्घोष के बीच धुनी रमाए सैकडों नागाबाबा और हजारों साधु संन्यासी विशेष पूजा अनुष्ठान कर रहे हैं महाशिवरात्रि पर नेपाल भारत और अन्य देशों से दस लाख से अधिक श्रद्वालुओं के भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन करने की उम्मीद है पहली बार पश्पतिनाथ मंदिर को विदेशों से मंगवाए गए विशेष रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया है दिल्ली से आए करीब दो सौ कलाकारों द्वारा फूलों से बनाई गईं भगवान शिव गणेश और नंदी आदि की सुंदर आकृतियां भक्तों को खासा आकर्षित कर रही हैं राजकुमार आकाशवाणी समाचार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रविवार को सुबह ग्यारह बजे आकाशवाणी पर अपने मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे मासिक रेडियो कार्यक्रम की यह बासठवीं कड़ी है यह कार्यक्रम आकाशवाणी और द्रदर्शन के सभी नेटवर्कों पर और आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट न्यूज ऑन एआईआर डॉट कॉम और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध होगा इसका आकाशवाणी तथा दूरदर्शन समाचार प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के यू टयूब चौनलों पर सीधा प्रसारण होगा हिन्दी प्रसारण के तुरंत बाद इसका आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में प्रसारण होगा प्रादेशिक भाषाओं में रात आठ बजे इसे दोबारा सुना जा सकता है मन की बात के प्रसारण के तुरंत बाद मैथिली में इसका अनुवाद आकाशवाणी के दरभंगा केन्द्र से प्रसारित किया जायेगा इसी प्रसारण को मैथिली में दोबारा रात्रि आठ बजे से सुना जा सकता है मौसम विभाग ने तेईस से पच्चीस फरवरी तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सो में गरज के साथ बारिश का पूर्वानुमान जताया है मौसम विज्ञान केन्द्र पटना से प्राप्त जानकारी के अनुसार अगले अड़तालीस घंटे के दौरान पटना गया भागलपुर पूर्णियां और आसपास के क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना है भागलपुर जिले में भागलपुर दुमका मुख्य मार्ग पर बायपास थाना क्षेत्र में प्रलिस ने दो ट्रकों से भारी मात्रा में शराब बरामद की है वहीं दरभंगा जिले के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के अलीनगर इलाके से पुलिस ने एक वाहन से दो हजार दो सौ पचास बोतल नेपाली शराब जब्त की है सीपीएम के पूर्व सचिव प्रोफेसर रामदेव प्रसाद का आज नवादा के पचम्बा हाउस में निधन हो गया उनके निधन पर विभिन्न राजनीतिक दलों और समाज के लोगों ने गहरा शोक जताया है